मुख्य सचिव केंद्र सरकार के लॉकडाउन की अवधि में लोगों के आवागमन की अन्मति दिये जाने के क्रम में ग्राम सभाओं को सरकार के दिशा निर्देशों के अन्रूप काम करने के निर्देश दिये गए हैं मुख्य सचिव उत्पल क्मार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में ग्राम प्रधानों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन गांवों में बाहर से आने वालों की सूचना और उनके स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं संकलित कर ग्राम प्रधानों को उपलब्ध करवायेगा उन्होंने बताया कि राज्य या जिला स्तर पर पंजीकरण न करवाते हए सीधे गांवों में पहुंचने वाले व्यक्तियों का पंजीकरण करने का उत्तरदायित्व संबंधित ग्राम प्रधान का होगा इसके साथ ही बाहर से आने वाले और पंजीकृत किये गए सभी व्यक्तियों के मोबाइल नंबर पर आरोग्य सेत् इंस्टॉल करवाने इसे उपयोग में लाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने और एप के इस्तेमाल के प्रति जागरूक करने का दायित्व भी ग्राम प्रधानों का होगा

क्वारंटाइन किये गए व्यक्तियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के साथ ही कोरोना के लक्षण पाये जाने की स्थिति में ग्राम प्रधान मुख्य चिकित्साधिकारी या उनके दवारा प्राधिकृत अधिकारी के संज्ञान में लायेंगे मुख्य सचिव ने बताया कि घरों में क्वारंटाइन के दौरान सरकारी दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी लॉकडाउन असर देहरादून प्रदेश में ग्रीन ऑरंज और रेड जोन में दी गई अलग अलग रियायतों का असर आज देखने को मिला

आबकारी द्रकानों पर लंबी लाइन दिखी जहां प्लिस के जवान सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे बड़ी संख्या में लोग बाजारों में खरीददारी करते देखे गए सड़कों पर भी रौनक दिखाई पड़ी हालांकि ज्यादातर लोग मास्क लगाये हए थे और दुकानों पर भी स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने का प्रयास करते दिखाई पड़े सरकारी कार्यालय भी आज निर्धारित समय पर खूले लेकिन वहां अधिकारियों को छोड़कर कर्मचारियों की संख्या कम ही दिखाई पड़ी सार्वजनिक वाहन जैसे बस और ऑटो सड़कों पर बिल्क्ल भी नजर नहीं आये विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आबकारी की द्वकानों पर लगी लाइन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आशंका व्यक्त की है कि ऐसे में कोरोना संक्रमण के खिलाफ किये जा रहे प्रयासों के प्रभावित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है उन्होंने इस संबंध में राज्य सरकार से एक बार फिर से विचार करने को कहा है

सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ग्रीन जोन में सुबह सात से शाम सात बजे तक राहत दी गई है जिले में दुकानदारों के सांथ ही लोगों ने मॉस्क पहन सोशल डिस्टेंस का भी पूरा ध्यान रखा लॉक्डाउन थ्री में ग्रीन जोन वाले जिलों को राज्य सरकार ने राहत दी है बाजार में रौनक होने से द्कानदार काफी ख्श नजर आए द्कानें ख्लने से द्कानदारों के साथ ही उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली

कुमाउं में आगमन देश के विभिन्न हिस्सों से क्माऊं के विभिन्न जिलों के प्रवासियों का आना हल्द्वानी में शुरू हो गया है दूसरे प्रदेशों से आने वालों को अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम गौलापार ले जाया जा रहा है जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राथमिक स्कैनिंग के साथ ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है सरकारी सूचना के अनुसार जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज वहां प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया जिलाधिकारी ने लॉकडाउन के दौरान बाहर से आने वाले लोगों को भोजन पेयजल शौचालय आदि के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार को निर्देश दिये कि स्टेजिंग एरिया स्टेडियम में जिलेवार जांच आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए साथ ही नगर निगम के माध्यम से वहां नियमित सफाई और सैनेटाइजेशन की व्यवस्था की जाए उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क भी उपलब्ध करवाया जाए म्ख्य विकास अधिकारी ने बताया कि देहरादून से पिथौरागढ़ बागेश्वर और अल्मोड़ा के बासठ यात्री यहां पहंचे हैं जिनकी स्कैनिंग के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण के बाद परिवहन निगम की बसों से उनके गंतव्य के लिए भेज दिया गया है

जिले में अभी पूर्व निर्धारित लॉकडाउन की पाबंदियां लागू हैं ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शेष शहरी क्षेत्रों में केवल आवश्यक वस्त्रों की दुकानें निर्धारित समय सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक ख्लीं रहीं जिलाधिकारी श्री रविशंकर ने बताया कि आगे समीक्षा के आधार पर यदि संभव हुआ तो हरिद्वार को भी रेड जोन से मुक्ति मिलेगी और ग्रीन जोन जिलों की तरह स्विधाएं मिल सकेंगी जिलाधिकारी ने बताया जिले में अभी चार मुख्य कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जहां पर किसी भी प्रकार की आवाजाही प्रतिबंधित है